उच्चतम न्यायालय ने रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी की हरियाणा में च्नाव प्रचार ज़ोरों पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा में चार रैलियां कर विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया कांग्रेस की किरण चौधरी ने कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज चुनाव कार्यालय की नई बेवसाइट का विमोचन किया

मंत्री ने लोगों को भोजन मे घी नमक का प्रयोग कम करने का अनुरोध किया भारतीय खाद्यसुरक्षा प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना की शुरूआत की है जिसके माध्यम से लोगों को जमीनी स्तर पर खाय तंत्र में शामिल करने की योजना है खाय सुरक्षा मित्र भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिककरण द्वारा प्रमाणित पेशेवर योजना है जो खाय सुरक्षा अधिानियम के अनुपालन में रूपों डिजीटल मित्र प्रशिक्षक मित्र और साफ सफाई मित्र के रूप मे मदद करेगा

नई दिल्ली में एक अन्य समारोह मे मुख्य आर्थिक सलाहकार डा कृष्णामूर्ति सुब्रह्मण्यम ने लोगों से खाना बबार्द न करने और गरीबों व भूखों को खाना खिलाने का आग्रह किया उच्चतम न्यायालय ने आज राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायधीशों की संविधान पीठ ने चालीस दिनों तक इस मामले की सुनवाई की ओर आज बहस पूरी हो गई पीठ ने सभी पक्षों को उन सभी मुद्दों पर जिस पर अदालत ने फैसला सुनाना है लिखित में अपना नोट देने को कहा है पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायाधीश एस ए बोबडे डी वाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एस ए नज़ीर का नाम शामिल है करतारपुर गलियारे के उदघाटन् के लिए तैयारियां ज़ोरों पर है यह गलियारा पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक तीर्थ स्थान के साथ पाकिस्तान के करतार पुर में स्थित दरबार साहिब को जोड़ेगा

संवाददाता से बात करते हये गृहमंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि करतार में दरबार साहिब के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की सीमा पार कने के लिए अनिवार्य होगा उन्होंने कहा कि पांच हजार र्तीथ यात्री प्रतिदिन सिक्खो के इस पवित्र स्थल जा सकते है

हरियाणा में आज भी चुनाव प्रचार चरम पर रहा केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाह ने आज भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चार रैलियां की

उन्होंने कहा कि भाजपा तथा अन्य पार्टियों ने इसका समर्थन किया है जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिये राष्ट्रयिता के इस मुद्दे पर खड़े न होने का आरोप भी लगाया

श्री शाह ने आरोप लगायाकि कांग्रेस सता और वोट बैंक के लिये इस विषय पर नहीं बोलेगी अमित शाह ने सर्जिकल और एयर स्ट्राईक का जिक्र करते हये कहा कि प्रधानमंत्री ने साहस का परिचय देते हये पाकिस्तान मे उरी और पुलवामा हमलों का बदला लिया उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों के समय भ्रष्टाचारजातिवाद और भाई भतीजावाद चरम सीमा था और बीजेपी की सरकार आने पर इनको खत्म किया गया है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ग्रूग्राम व रोहतक के कई इलाकों में रैलियां की लाखन माजरा में भाजपा प्रत्याशी के समर्पण में एक रैली को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टियां विरासत से चलती है लेकिन राज विरासत मे नहीं चलता मुख्मयंत्री ने प्रदेश में विपक्ष की स्थिति पर चुटकी लेते हये कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यो से विपक्षी खेमे मे खलबली मची हुई है उन्होंने कांग्रेसे पर वंशवाद को लेकर प्रहार किया मुख्यमंत्री ने कहा कि वंशवादियों ने सियासत को अपनी विरासत समझ लिया है और केन्द्र व हरियाणा मे इनकी रहते सत्ता का द्रूप्रयोग कर घर पविार और रिश्तेदारो के घर भरने का काम किया गया कांग्रेस पर चुटकी लेते हये उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो ऐसी है कि उनहें अपना अध्यक्ष ढूंढने मे ही तीन महीने लग गये लेकिन बात वही ढाक के तीन पात वाली रही

उधर पूर्व मंत्री व तोशाम से कांग्रेस उममीदवार किरण चौधरी ने आज भिवानी जिले के तोशाम के कई गांवों में जनसभाओं का सम्बोधित करते हये कहा कि बीजेपी की सरकार से समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान है उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक हवा तेज़ी से बदल रही है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर घोटालों का आरोप भी लगाया उन्होंने चौधरी बंसी लाल के नाम पर भी वोट मांगे और कहा कि मौजूदा सरकार खोखले वायदे करती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बादली मं भी एक चुनावी रैली को सम्बोधित किया और कहा कि प्रदेश के ढाई करोड़ लोग मेरा परिवार है और सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को चरित्रार्थ करने की कोशिश की है

उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयंहिंद ने मुख्यमंत्री मनोहर द्वार ईवीएम पर दिये बयान पर आपतिजताई उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रीऐसे बयान देकर लोकतंत्र का मजाक बन रहे है उन्होंने कहा कि आम आदमी ने इसको लेकर चुनाव आयोग मे शिकायत भी की है और मामले में कानून व संवधिान के अन्सार कार्रवाईकी मांग की है

उन्होंने सरकार की बिना पर्ची के लिए नौकरी देने की घोषणा भी की

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह वैबसाईट मतदाताओं एवं इसका प्रयोग करने वाले किसी के लिए सहायक सिद्ध होगी क्योकि इस पर हरियाणा के मतदाताओं एवं च्नाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी किसी भी व्यिक्त के लिऐ इसमें इसमें च्नाव संबधी नवीनतम जानकारी उम्मीदवारों के शपथ पत्र मतदान केन्द्र बूथ लेवल अधिकारियों की जानकारी मतदाता सूची तथा अन्य आवश्यक जानकारी भी दी गई है